अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन सभी देशों का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के प्रस्ताव को पेश किया और इसका समर्थन किया एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत को इस बात का हर्ष है कि इसने बाजरे को लोकप्रिय बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई उन्होंने कहा कि यह कृषि वैज्ञानिकों और स्टार्टअप समुदायों के लिए शोध तथा नवाचार का विषय भी प्रदान करता है

इस प्रस्ताव का उद्देश्य बाजरे के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है

उन्होंने कहा कि ग्राहकों उत्पादनकर्ताओं और नीति निर्माताओं के समक्ष बाजरे के पोषक तत्वों तथा पारिस्थितिकीय फायदों को बढ़ावा देने के साथ साथ पैदावार क्षमताओं अनुसंधान और विकास संबंधी निवेशों में सुधार लाने की तत्काल जरूरत है प्रस्ताव में बाजरे के पोषक तत्वों और जलवायु के प्रति लचीलेपन के बारे में जानकारी बढाने के साथ साथ बाजरे का उत्पादन तथा सेवन बढ़ाकर संतुलित और स्वस्थ आहार के बारे में जागरूकता लाने का प्रावधान है इसमें बाजरे की व्यापक आनुवांशिक विविधता और अलग अलग पर्यावरणी माहौल में पैदावार की क्षमताको बताया गया है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भारत के इस प्रयास की सराहना की है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रसायन और उरर्वक मंत्री डी वी सदानन्द गौडा ने आज इस निमार्णाधीन कारखाने का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं को इस बात की जानकारी दी उन्होंने कहा कि आठ हजार करोड़ रूपये की लागत से स्थापित किये जा रहे इस कारखाने से क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा मुख्यमंत्री ने बताया कि गोरखपुर का खाद कारखाना छब्बीस वर्ष पूर्व बंद हो गया था

उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक कारखाने से उत्पादन शुरू होने के बाद देश प्रदेश के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों और रसायनों की आपूर्ति हो सकेगी केन्द्रीय मंत्री श्री गौडा ने बताया कि देश में इस समय उर्वरक की कुल खपत तीन सौ बीस से तीन सौ तीस लाख मीट्रिक टन है इसमें से वर्तमान में अस्सी से नब्बे लाख मीट्रिक टन उर्वरक का आयात किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार आयात को कम करने की दिशा में काम कर रही है

गोरखपुर के अलावा अन्य कारखानों को भी जल्द शुरू करने के प्रयास किये जा रहे हैं

आज के लिये निर्धारित कार्यवृत को पूरा करने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया पन्द्रह दिनों के इस सत्र में कुल दस दिन बैठकें हुई जिसमें पैंसठ घंटे इक्तीस मिनट सदन की कार्रवाई चली दस दिन के उपवेशन में एक सौ बान्नबें अल्पसूचित प्रश्न एक हजार तीन सौ एक तारांकित प्रश्न और एक हजार छह सो इक्हत्तर अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुए

राज्यपाल के अभिभाषण पर मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी और दलीय नेताओं सहित अड़तालीस सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया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

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ साथ समय के मूल्य को महत्व देते हैं इससे पहले सरकार ने मंगलवार को नियमों में ढील देते हुए सभी निजी अस्पतालों को टीकाकरण की अनुमति दी थी

केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए समय सीमा को हटा दिया है और चौबीस घंटे टीका लगाने की अनुमति दे दी है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अस्पतालों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे टीकाकरण के लिए एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करें अस्पताल किसी भी समय टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं

डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इससे टीकाकरण अभियान को गति देने में मदद मिलेगी क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसके पात्र बन रहे हैं

केंद्र सरकार ने कहा है कि उसके पास टीकों का पर्याप्त स्टॉक है और वह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवश्यक खुराक उपलब्ध कराएगी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया है कि उन्हें राज्य और जिला स्तरों पर टीके के भंडारण की आवश्यकता नहीं ह

अपर मुख्य सचिव गन्ना संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुड़ उत्पादकों को उत्तम गुणवत्ता के गुड़ तथा उसके सह उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है इसके साथ गुड़ के औषधीय लाभों के प्रति लोगों में जन जागरूकता लाना भी महत्वपूर्ण है उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान गुड़ विशेषज्ञ गुड़ उत्पादन की नवीन तकनीक के बारे में गुड़ उत्पादकों के साथ चर्चा करेंगे उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान गुड़ तथा सह उत्पादों की प्रदर्शनी के माध्यम से गुड़ क्रेताओं और उत्पादकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में आसानी होगी

राज्य में प्रदेश पुलिस के पचहत्तर निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षकों के पद पर पदोन्नति दे दी गई है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रोन्नति कोटे में अवधारित रिक्तियों के सापक्ष पचहत्तर नागरिक पुलिस प्रतिसार निरीक्षक और दल नायक को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया गया है आगामी पंचायत चुनाव और त्यौहारों को देखते हुए राज्य में अवैध मदिरा पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा दा मार्च से आठ मार्च तक राज्य स्तर पर विशेष प्रवतन अभियान चलाया जा रहा है अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि इस अभियान के दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से आबकारी और पुलिस तथा प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन करके चेकिंग की कार्रवाई की व्यवस्था की गई है